बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अपडेशन को मंजूरी दे दी गई

इसकी जानकारी केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने दी केंद्रीय कैबिनेट ने अटल भूजल योजना को भी मंजूरी दी इस योजना को गुजरात हरियाणा कर्नाटक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चिन्हित क्षेत्रों में लागू किया जाएगा इसके अलावा देश में पर्यटन विकास के लिए श्स्वदेश परियोजनाश् की शुरूआत की गई है

सीएम चमोली दौरा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज चमोली जिले में जोशीमठ मलारी टू लेन राज्यमार्ग और पुनार पुल का लोकार्पण किया इस मोटरमार्ग से भारत तिब्बत सीमा पर आवागमन आसान होगा साथ ही सीमांत क्षेत्र के दर्जनों गांवों को इस सड़क से लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री ने सीमा सडक संगठन द्वारा निर्धारित समय से पहले मोटरमार्ग का निर्माण कार्य पूरा करने पर बधाई दी और बीआरओ के कार्यशैली की सराहना की मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का निर्माण ही दूरस्थ क्षेत्रों की परिकल्पना से हुआ है और सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार हमेशा तत्पर रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही भूमि बंदोबस्ती की व्यवस्था की शुरूवात की जा रही है ताकि सैकडों साल से गांव में रह रहे लोगों को उनके अधिकार मिल सके उन्होंने बताया कि पहले चरण में दो जिलों से इसकी शुरूआत की जाएगी इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक पुस्तक का विमोचन भी किया

राजधानी देहरादून में दून बार एसोसिएशन से संबद्ध अधिवक्ताओं ने नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का समर्थन करते हुए शांति मार्च निकाला इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शांति व्यवस्था कायम रखने की मांग की गई अधिवक्ताओं का कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के संबंध में यदि किसी को भ्रांति है तो वह उनसे संपर्क कर सकता है अधिवक्ताओं ने इसे देश हित में बताया और कहा कि इससे किसी नागरकि को कोई नुकसान नहीं होगा उधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबद्ध छात्र छात्राओं ने डीएवी कॉलेज परिसर में रैली निकालकर नागरिकता संशोधन अधिनियम का समर्थन किया इससे पूर्व हरिद्वार में भी लोगों ने अधिनियम से समर्थन में रैली की और कहा कि यह अधिनियम पूरी तरह देशवासियों के हित में है इस अधिनियम से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है अधिनियम को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों पर आयोजकों का कहना है कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस बीच उत्तराखंड के अन्य हिस्सों में भी नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में लोग एकजुट हो रहे हैं और हिंसा से दूर रहने की अपील कर रहे हैं शहीद पार्क लोकार्पण अल्मोड़ा में दो बार वीर चक्र से सम्मानित अमर शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश चन्द्र जोशी शिलापट का आज लोकार्पण किया गया अल्मोड़ा निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश चंद जोशी को इंडिया हॉर्स कमीशन मिला था

इसी युद्ध में माइन की चपेट में आने के कारण लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश वीरगति को प्राप्त हो गये उनके अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें फिर एक बार और वीर चक्र से सम्मानित किया गया था आज आयोजित कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश चंद्र जोशी को याद करते हए उनको श्रद्वांजलि अर्पित की गई राष्ट्रीय पुरस्कार सीए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि फिल्म उद्योग जगत ने भी अब माना है कि उत्तराखण्ड शूटिंग के लिए एक बेहतर डेस्टिनेशन है

मीडिया से अनौपचारिक वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तराखण्ड द्वारा फिल्म उद्योग के लिए मन से दरवाजे खोलने का परिणाम है पशु चारा बैंक रुद्वप्रयाग में पशु चारा बैंक की शुरुआत की गई है अगस्त्यमुनि चारा बैंक का विस्तारीकरण कर जिला मुख्यालय में भी खोला गया इसके साथ ही पश्पालको की मांग के अनुसार पश्पालन विभाग द्वारा रतूड़ा में भी उप चारा बैंक खोले जाने के लिए शासन में प्रस्ताव भेजा गया है इस अवसर पर जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने कहा कि अब जिला मुख्यालय के पश्पालकों को अगस्त्यमुनि नहीं जाना पड़ेगा उन्हें पशुपालकों से चारे की मांग को पशुपालन विभाग को उपलब्ध कराने को कहा ताकि समय पर मांग के अनुसार चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके

साथ ही विभाग द्वारा पशुपालक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन कर खुरपका और मुंहपका रोग के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है

मिशन इंद्रधनुष योजना से लाभार्थी भी संतुष्ट हैं किसान दिवस विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि देश का संपूर्ण विकास तभी होगा जब किसान मजदूर गरीब सभी खुशहाल होंगे देहरादून में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर आयोजित किसान दिवस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने भाग लिया कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनका किसानों के प्रति उनका प्रेम इसलिए भी था क्योंकि वे खुद एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे और किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते थे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हित में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया वित्त मंत्री और उपप्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की इस कार्यक्रम में कई प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित भी किया गया

टिहरी जिले में स्वर्गीय बडोनी के पैतृक गांव अखोड़ी में मुख्य कार्यक्रम हुआ जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी शामिल हुए इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने लोकनृत्य और गीत प्रस्तुत किये मुख्यमंत्री वार्षिकोत्सव मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि शिक्षा के साथ ही बच्चों को सामाजिक और व्यक्तित्व विकास से सबंधित गतिविधियों में शामिल करना जरूरी है

देहरादून के दूधली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि देशाटन के दौरान एक हवाई और एक रेल यात्रा भी कराई जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए सबको सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना होगा विरोध बागेश्वर बागेश्वर में वरिष्ठ नागरिक जनकल्याण न्यास ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ चल रहे हिंसात्मक आंदोलनों की आलोचना की है उन्होंने कहा कि विरोध करने का यह तरीका निंदनीय है देश की संपत्ति को नुकसान पहंचाने और सामाजिक सदभाव बिगाड़ने का किसी को हक नहीं है वक्ताओं ने कहा कि सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हिंसा करना किसी भी समाज और देश के लिए ठीक नहीं है

इस संबंध में आईआरएस विशेषज्ञ बीबी गणनायक ने आज जिला स्तर पर गठित आईआरएस टीम और औद्योगिक आस्थानों के अधिकारियों से चर्चा की उन्होंने कहा कि उधमसिंह नगर बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है कभी भी अधिक तीव्रता वाले भूकम्प आदि के आने पर औद्योगिक आस्थानों में प्रयोग होने वाले रसायनों से दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं